मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से अतिसंवेदनशील और संवेदनशील चालीस जनपदों के जिला प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और बचाव तथा राहत कार्यो के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये और विवरण हमारे संवाददाता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रोंसिग के माध्यम से बाढ़ की द्रष्टि से संवेदनशील और अंसवेदनशील जनपदों के जिलाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों को नुकसान के लिए चौबीस घंटे के भीतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने प्राकृतिक आपदा से त्रस्त परिवारों को राशन किट वितरित करने के भी निर्देश दिए उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमों को नियमित भ्रमण करने के भी निर्देश दिए श्री योगी ने कहा कि जिन लोगों के मकान बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाएं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी को समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण किया इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया राष्ट्रपति ने कहा कि वाजपेयी जी सभी देशों विशेषकर पडोसियों के साथ अच्छे संबंध बनान पर हमेशा बल देते थे उन्होंने वाजपेयी जी के उस कथन को दोहराया कि हम अपने मित्र तो बदल सकते हैं परन्तु पडोसी नहीं बदल सकते राष्ट्रपति ने कहा कि अटल जी जनप्रिय नेता और ओजस्वी वक्ता थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटल जी की उल्लेखनीय सेवाएं हमेशा याद रखी जायेगी गृहमंत्रो अमित शाह ने कहा कि श्री वाजपेयी राष्ट्रभक्त और भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अटल जी हमेशा सबकी प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोकभवन प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सांसद के रूप में एक दशक से ज्यादा समय तक लखनऊ का प्रतिनिधित्व किया था

व तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे

श्री वाजपेयी ने अनेक कविताएं लिखीं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

राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग द्वारा स्थापित प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक का कल राजभवन से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उदघाटन किया राज्यपाल ने इस अवसर पर कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की श्रीमती पटेल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी में मरीज के शरीर में एन्टीबॉडीज पहुंचाकर इसे वायरस से लड़ने के लिए बेहतर बनाया जाता है राज्यपाल ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के इलाज के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पायी है ऐसी स्थिति में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्जालमा बैंक की स्थापना कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वह तिहत्तर वर्ष के थे कोरोना जाँच में पॉजीटिव पाये जाने के बाद श्री चौहान को इलाज के लिए लखनऊ के संजय गांधी आर्युविज्ञान अस्पताल में भर्ती कराया गया था पन्द्रह जुलाई को उन्हें लखनऊ के पीजीआई से गुरूग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था कल तबियत ज्यादा खराब होने पर उन्हें वेटिलेटर पर रखा गया

श्री चौहान भाजपा स लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं वर्तमान में वे अमरोहा जिले की नौगॉवा विधान सभा सीट से विधायक थे चेतन चौहान का जन्म इक्कीस जुलाई उन्नीस सौ सैतालिस में हुआ था उन्होंने अपना कैरियर एक क्रिकेटर के तौर पर शुरू किया था

मुख्मयंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतन चौहान के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतियोगी तथा प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक जनपदों में परीक्षा केन्द्र स्थापित किये जायें ताकि परीक्षा केन्द्रों पर अधिक भीड़ एकत्र न हो उन्होंने कहा कि इन परीक्षा केन्द्रों में स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकाल का पालन किया जाये मुख्यमंत्री आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने ई संजीवनी सेवा के व्यापक प्रचार प्रसार पर बल देते हुए कहा कि इसकी सहायता से अधिक से अधिक जरूरतमंद मरीज घर पर रहकर चिकित्सकोय स सलाह स प्राप्त कर सकते हैं

जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा आज से शुरू हो गयी है

समाप्त